सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे तेज दस करोड़ टीकाकरण करने वाला देश है पिछले चार दिनों में टीका उत्सव के सकारात्मक परिणाम का उल्लेख करते हए श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया और नए टीकाकरण केंद्र भी स्थापित किए गए उप राष्ट्रपति की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से चर्चा में यह बात कही पिछते वर्ष कोरोना से तड़ने में नागरिकों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनमागीदारी की इसी भावना को अभी भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक संगठनों राजनीतिक दलों गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थायों की संयुक्त शक्ति का फायदा उठाने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि महामारी के सूहम नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं का निर्दाष सहयोग सुनिश्चित करने में राज्यपाल सक्रिय तौर पर कार्य कर सकते हैं उन्होंने कहा कि सामाजिक संख्याओं का सामाजिक नेटवर्क अस्पतालों में एंबुलेंस वेंटितेटर और ऑक्सीजन की क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है

लोगों में विशेषकर पहली बार मतदाता बने युवाओं में काफी उत्साह देखा गया राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि अपरान्ह तीन बजे तक उन्वास प्रतिशत मतदान की खबर है मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया

उत्तरप्रदेश बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं

परीक्षाओं का नया टाइम टेबल मई के पहले सप्ताह में उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद जारी किया जाएगा

प्रदेश में विद्यार्थियों के माता पिता और अभिमावकों के कई संगठन कोविड महामारी के मामलों में बढोतरी को देखते हए बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहे थे

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के बाईस हजार चार सौ उन्तालीस नये मामले आये हैं प्रदेश में एक लाख उन्तीस हजार आठ सौ अड़तालीस कोरोना के सक्रिय मामले हैं पिछले चौबीस घंटों में चार हजार दो सौ बाईस लोग स्वस्थ हुए हैं अब कूल स्वस्थ होने की संख्या छः लाख सत्ताईस हजार बत्तीस है कल एक दिन में दो लाख छः हजार पांच सौ सत्रह कोविड नमूनों की जांच हई और अब तक प्रदेश में क्ल तीन करोड़ पचहत्तर लाख नबे हजार सात सौ तिरपन कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है

इस परियोजना के जरिए चुने गए गांव में किसानों की देहतरी के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी इससे किसानों के लागत मूल्यों में कमी आएगी और खेती बाड़ी आसान होगी यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ग्जरात हरियाणा राजस्थान और आंघ्र प्रदेश फसलों की कटाई के बाद के प्रबंधन और वितरण सहित उन्नत तथा सुव्यवस्थित खेती बाड़ी के लिए माइक्रोसॉफ्ट किसान इंटरफेस विकसित करेगा इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिजिटल कृषि के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकत्यना अब आकार लेने लगी है

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस तरह के भ्रामक चित्रों और संदेशों को किसी के साथ साझा न करें